मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतगणना की जा रही है और देर रात तक प्रधान उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के नतीजे आने की उम्मीद है

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केन्द्रों को सैनेटाईज करने सहित मतदान के दौरान मास्क पहनने व सामाजिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित किया गया

मतदान प्रदेशभर में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए हर आयु वर्ग के मतदाताओं में उत्साह देखा गया विभिन्न मतदान केन्द्रों पर सौ वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर भाग लिया देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी ने किन्नौर ज़िले में कल्या मतदान केन्द्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया उनके सम्मान में रैड कारपेट बिछाया गया और उपायुक्त हेमराज बैरवा ने किन्नौरी टोपी पहना कर उनका स्वागत किया इस अवसर पर श्याम सरन नेगी ने युवाओं से समय समय पर होने वाले लोकसभा विधानसभा और पंचायत चुनावों में अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह किया

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का नई दिल्ली से शुभारम्भ करेंगे इधर राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता समारोह शिमला के रिज मैदान पर आयोजित किया जाएगा इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर मौजूद रहेंगे सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है

लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं वे टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को एसएमएस में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं

वैश्विक कोरोना महामारी के चलते इस बार ये उत्सव ऑनलाइन करवाया जा रहा है ऊना ज़िला परियोजना अधिकारी देवेन्द्र चौहान ने बताया कि इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी नौ प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में अपने हुनर का प्रदर्शन स्टूडियो सेंटरों में कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल्लू शिमला सोलन चम्बा बिलासपुर और ऊना में स्टूडियो सेंटर स्थापित किए गए हैं